उन्होंने कहा कि नवोन्मेष के बिना जीवन थम सा जाता है नई दिल्ली में पुनरुत्थान के लिए शिक्षा पर अकादमिक नेतृत्व विषय पर सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने सुझाव दिया कि समाज की समस्याओं को हल करने में शिक्षण संस्थाओं को साझीदार बनाया जाना चाहिए साढ़े तीन सौ से अधिक विश्वविद्यालयों के कुलपतियों और निदेशकों को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने स्वामी विवेकांनंद और रवींद्र नाथ टैगोर के हवाले से कहा कि शिक्षा मनुष्य के चहुमुखी विकास का प्रमुख साधन है प्रधानमंत्री ने स्वास्थ्य शिक्षा कुपोषण और स्वच्छता के संबंध में सरकर की कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं के लाभों के बारे में लोगों को जानकारी देने के काम मे विद्यार्थियों को शामिल करने का सुझाव दिया श्री मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा प्रणाली में सुधार के लिए ब्रुनियादी ढांचे के पुरुद्वार का काम शुरु कर दिया है उन्होंने बताया कि सरकार उच्च शिक्षा पर दो हजार बाईस तक एक लाख करोड़ रुपये की धनराशि खर्च करेगी

इन परियोजनाओं के अलावा केंद्रीय मंत्री ने राज्य के लिए दो सौ अट्ठाइस करोड़ रुपये के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है श्री सिंह ने यह घोषणा राजधानी ईटानगर में आयोजित अटल सम्मेलन का उद्घाटन करने के अवसर पर कही यूवाओं के लिए इस सम्मेलन का आयोजन प्रदेश सरकार ने किया है जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए एक मंच प्रदान करना है जहा वे अपने विचारों को साझा कर सकें और नीति निर्धारण की प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रुप से भाग ले सकें इस अवसर पर मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरेण रिजिजू भी उपस्थित थे पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि ईटानगर में लम्बे समय से प्रतीक्षित ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना का आधारशिला दिसंबर में रहा जाएगा प्रस्तावित ग्रीनफील्ड हवाई अड़डे के संबंध में जमीन की वरीयता पर निर्णायक कार्रवाई करने के लिए मुख्यमंत्री पेमा खाण्डू की सराहना करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जमीन के मूद्दे को हल करने के बाद कोई रुकावट नही होनी चाहिए

बैठक के दौरान राज्यपाल ने केंद्रीय मंत्री से ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट परियोजना सहित प्रदेश में विकास परियोजनाओं में तेजी लाने का अनुरोध किया केंद्र ने राज्यों को एक परामर्श जारि कर कहा है कि वे आम लोगों को इस बात से अवगत कराएं की किसी भी तरह की भीड़ की हिंसा के गंभीर कानूनी परिणाम भूगतने पड़ सकते हैं उच्चतम न्यायालय के निर्देश का हवाला देते हुए गृह मंत्रालय ने राज्यों से कहा है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए वे कड़े कदम उठायें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सुबह आकाशवाणी के मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे यह इस मासिक रेडियो कार्यक्रम की अड़तालीसवीं कड़ी होगी इस कार्यक्रम का सुबह ग्यारह बजे से आकाशवाणी और द्ररदर्शन के सभी नेटवर्क से प्रसारण किया जाएगा यह प्रसारण प्रधानमंत्री कार्यालय सूचना और प्रसारण मंत्रालय आकाशवाणी और द्रदर्शन समाचार के यू ट्यूब चैनलों पर भी उपलब्ध रहेगा आकाशवाणी की वेबसाइट ऑल इंडिया रेडियो डॉट जी ओ वी डॉट इन से भी यह प्रसारण सुना जा सकेगा इस प्रसारण के तुरंत बाद आकाशवाणी से क्षेत्रीय भाषाओं में मन की बात का प्रसारण होगा

असम सरकार राज्य के चाय बागानों में काम करने वाली गर्भवती महिलाओं के लिए मजदूरी क्षेतिपूर्ति योजना शुरु करेगी स्वास्थ्य मंत्री हिमंत विश्वा शर्मा ने कहा कि इस योजना से गर्भवती महिलाओं को बेहतर पौष्टिक आहार उपलब्ध हो सकेगा ऎसी महिलाओं को बारह हजार रुपये दिये जाएंगे ताकि वे स्वयं और होने वाले बच्चे का ध्यान रख सके यह योजना पहली अक्टुबर से शुरु होगी और इसमें मजदूरी क्षेतिपूर्ति चार किस्ते में की जाएगी इस योजना के लागू होने से चाय बागानों में काम करने वाली महिलाओं में मातृत्व और नवजात शिशु मृत्यु दर में कमी आने की संभावना है